श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को सबसे बडा बाजार बनाने के लिए ठोस ब्नियाद रखी है और स्धारों की प्रक्रिया जारी रहेगी

यह भारत की विकास गाथा में विश्व के भरोसे का स्पष्ट संकेत है

वहीं द्रसरी और एक सौ तिरासी मरीज कल स्वस्थ हो गए है नए मामलों में राजधानी क्षेत्र ईटानगर से अट्नाईस लोअर सुबनसिरी से बारह इसके अलावा सियांग से आठ लोअर दिबांग वैली से सात चांगलांग वेस्ट सियांग तावांग लोहित और ईस्ट सियांग से छ छ मामले वहीं अपर सुबनसिरी और लेपारादा से पांच पांच लोंगडिंग और अपर सियांग से तीन तीन पापुमपारे से दो दो मामले और पाक्के केसांग क्रा दादी तिराप नामसाई और वेस्ट कामेंग से एक एक मामले दर्ज किया गया है वर्तमान में राज्य में दो हजार चौसठ कोरोना संक्रमित मामले है

खासकर त्योहार के मौसम में हमें खुद की और परिवार वालों और पड़ोसियों का ख्याल रखना है उन्होंने कहा कि लोगों के बीच सार्वजनिक स्थलों में दूरी बनाए रखने मास्क पहनने जैसी जागरुकता कार्यक्रम जारी रखने की जरुरत है

इस दौरान श्री दाकपे ने सभी हितधारकों से कंसेसियनार मेसर्स अमर इंफ्रा लिमिटेड और जिला प्रशासन को सहयोग करने को कहा ताकि निर्माण कार्य को समय सीमा पर संपन्न किया जा सके

युवा इकाई ने कहा कि भ्रस्खलन से जमा हुए मलबा पिछले तीन सालों से सड़कों में यातायात के लिए रुकावट बनी हुई है और सालो से इसका कोई समाधान नहीं किया गया है आदि बाने केबांग के युवा इकाई अध्यक्ष जोलुक मिनूंग ने कल ईटानगर में एक प्रेस मीट में यह बात कही

कामबा सहायक उपायुक्त रुज्रम राकसाप की अध्यक्षता में छब्बीस अक्टूबर को कॉलेज प्रबंधन समिति की बैठक में श्री कारबाक ने यह बात कही इस दौरान उन्होंने कालेज के रजत जंयती समारोह से पहले कॉलेज गेट और बच्चों के लिए पार्क बनाने का आश्वासन दिया श्री कारबाक ने बैठक में कामकी कालेज मे विज्ञान की फैकल्टी और एन सी सी इकाई की स्थापना के लिए मुख्य मंत्री पेमा खांड्र और शिक्षा मंत्री की सराहना की